सेनेटरी नैपकिन और राखी सहित छह वस्तुएं जीएसटी मुक्त रिटर्न फार्म आसान हुआ

ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज केरवान गांव से वृक्षारोपण अभियान की शुरूआत की रिस्पना नदी को पुर्नजीवित करने के लिए इस अभियान के तहत ढ़ाई लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है इस अभियान को देहरादून के सभी शिक्षण संस्थानों स्वयं सेवी समूहों सहित आम जन सहभागिता से संचालित किया जा रहा है नदी के कैचमैंट एरिया में आज किए गए वृक्षारोपण में बच्चों बूढ़ों महिलाओं जवानों सहित हजारों लोगों ने हिस्सा लिया इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि नदी को पुनर्जीवित करने के लिए लोग उत्साहित हैं उन्होंने कहा कि भविष्य में भी रिस्पना के तट पर स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम चलाए जाएंगे श्री रावत ने आशा व्यक्त की कि आम जनसहभागिता से रिस्पना नदी के पुनर्जीविकरण का अभियान सफल होगा

उन्होंने कहा कि इन फैसलों से सवा सौ करोड़ नागरिकों विशेषकर निम्न और मध्य आय वर्ग वाले परिवारों व्यापारियों और दस्तकारों को लाभ होगा उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन आयुष्मान भारत के तहत प्रीमियम जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है श्री पीयूष गोयल ने बताया कि जीएसटी परिषद अब राजस्व संग्रह के अलावा रोजुगार सूजन पर भी ध्यान देगी

इससे रिस्पना और बिन्दाल नदी भी पुनर्जीवित हो सकती हैं राज्य योजना आयोग के सलाहकार हर्षपति उनियाल ने बताया कि यह योजना बनाकर राज्य सरकार को दे दी गई है

स्वच्छता अभियान रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि में आज स्वच्छ भारत अभियान और नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत वृहद सफाई अभियान चलाया गया अभियान में स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ ही विभिन्न स्कूलों के शिक्षक और विद्यार्थियों ने भाग लिया जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल के नेतृत्व में विजयनगर गदेरे स्पोर्ट्स स्टेडियम और मन्दाकिनी नदी पर बने घाटों की सफाई की गई इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रूद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी और जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने लोगों से स्वच्छता को अपने व्यवहार में शामिल करने का आहवान किया ताकि स्वच्छ भारत की परिकल्पना साकार हो सके इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार के साथ ही एक पेड़ देकर उसके संरक्षण का संकल्प दिलवाया गया कार्यक्रम का समापन शहर को स्वच्छ रखने की शपथ के साथ किया गया

लक्ष्य सेन मूलरूप से अल्मोड़ा के रहने वाले हैं मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आज बारिश होने के समाचार मिले हैं देहरादून हरिद्वार पौड़ी रूद्रप्रयाग चमोली और अल्मोड़ा में आज मध्यम से तेज बारिश हुई

उधर ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डबरकोट के पास भूस्खलन के कारण बार बार यातायात के लिए बाधित हो रहा है

एंकर उत्तराखण्ड में स्वच्छ भारत अभियान को लेकर लोगों में जागरूकता आई है

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के कार्य को लोगों ने सराहा है और इस अभियान को स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से उपयोगी बताया है टिहरी गढ़वाल के चंबा विकासखण्ड के कदूड़ गांव में सभी ग्रामीणों ने अपने शौचालय का निर्माण कर क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन की नई मिशाल पेश की है

इस गांव में जिन लोगों के पास शौचालय निर्माण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं था उनके लिए मनरेगा के तहत शौचालय का निर्माण किया ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय बनने से गांव की महिलाओं बुजुर्गों को अब खुले में शौच नहीं जाना पड़ता है और गांव साफ सुथरा भी रहता है

स्वच्छ भारत अभियान के तहत बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय बनाया गया है विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाये जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत विद्यालय में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय बनाया गया है जिससे उन्हें काफी सुविधा हो रही है और सुरक्षा महसूस हो रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुए ख्वच्छ भारत अभियान के बाद लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है इस अभियान के बाद लोगों स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं साथ ही स्वच्छता से कई प्रकार की बीमारियों में भी कमी दर्ज की गई है संक्षिप्त समाचार उधमसिंह नगर जिले में शहर में घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए नगर निगम के कर्मचारियों ने एक अभियान चलाया है इसके तहत पशुओं को खुला छोड़ने वाले पशुपालकों से जुर्माना वसूला जा रहा है कार्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोने में आज एक हाथी का शव बरामद किया गया है यह शव दो से तीन दिन पुराना बताया जा रहा है देहरादून में रायपुर स्थित शिवर मंदिर के समीप नहर में डूबने से दो युवकों की मृत्यु हो गई दोनों युवक देहरादून के रहने वाले थे